प्रधानमंत्री इंदौर ग्वालियर रायसेन मुरैना जिलों के हितग्राहियों से बात कर सकते हैं कोविड महामारी के कारण रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले गरीब लोगों के व्यवसाय के बुरी तरह प्रभावित होने के कारण उन्हें राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी

मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत साढे चार लाख लोगों का पंजीकरण किया गया है और इनमें से चार लाख से अधिक लोगों को परिचय पत्र तथा वेंडर प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं राज्य सरकार ने इनमें से पौने तीन लाख योग्य लाभार्थियों के आवेदन पोर्टल के जरिये बैंकों को भेजे थे

इस योजना पर अमल के मामले में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे इस मौके पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि स्वनिधि संवाद को लेकर वे बहुत उत्सुक हैं और इससे लोगों को मध्यप्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के कठिन परिश्रम को जानने का मौका मिलेगा उन्होंने इस कार्य के लिये राज्य सरकार की सराहना की सरकारी स्कूल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के कूल इक्कीस सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी कर दिए हैं इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी पेन पेंसिलें पानी की बोतलों आदि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट क्षेत्र से विद्यार्थी या स्टाफ के स्कूल में आने पर मनाही होगी छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक छात्रों के बीच समय समय पर संवाद किया जाएगा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम छह फुट की दूरी हो षारीरिक दूरी के नियम का सभे जगह पालन करना होगा शिक्षकों और छात्रों को मॉस्क भी पहनने होंगे स्कूल परिसर के अंदर के कैफेटेरिया कैंटीन या मेस आदि बंद रहेंगे स्कूलों में फेस कवर मास्क सेनेटाइजर आदि का पर्याप्त इंतजाम रखा जाएगा कोरोना बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है उन्होंने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए अस्पतालों में आक्सिजन और डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक के बाद बाजार अब खुल रहे हैं जिससे चुनौति भी बढ़ रही है

शिक्षा नीति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक अमल के लिये विश्वविद्यालयों से मार्गदर्शक की भूमिका निभाने को कहा है उन्होंने कल राजभवन में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुलपतियों को संबोधित किया राज्यपाल ने रोजगारपरक शिक्षा के स्वरूप और पाठयक्रम बनाने जैसे मुददों को लेकर विषयवार समूह बनाने और चिंतन करने पर जोर दिया श्रीमती पटेल ने कहा कि शिक्षानीति के सफल कियान्वयन के लिये पहले पांच वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही इस नीति की सफलता का आधार भी बनेंगे

उन्होंने कल सीहोर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए कहा कि ट्रेट हुए मकानों को दुबारा बनवाया जाएगा और अनाज घरेलू सामान आदि के नुकसान की भी पूर्ती की जाएगी उन्होंने सीहोर कलेक्टर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे का काम शीघ्र पूरा कर प्रभावितों को मुआवजा वितरण शुरू करने के निर्देश दिये

उप चुनाव प्रदेश में उप चुनाव के लिये राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है

वहीं चूनाव की प्रशासनिक तैयारियां भी आरंभ हो गई हैं शिवपुरी जिले में पोहरी और करेरा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है इसके लिये आज मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा

इसी कड़ी में शाहपुरा थाने के पलकी गांव में ग्रामवासियों की बैठक कर उन्हें साइबर अपराधों आदि के बारे में बताया गया